स्वास्थ्य मंत्री ने बताया प्रदेश में पैरामैडिकल स्टाफ के सात सौ से अधिक पद भरने की प्रक्रिया जारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत अगले पांच वर्ष में केंद्र सरकार का हर खेत को पानी उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित हॉकी के जादूगर मेजर ध्यान चंद की जयंती पर प्रदेश में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन विधानसभा चर्चा प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे मॉनसून सत्र के पांचवे दिन की कार्यवाही आज शांतिपूर्ण ढंग से चली इस दौरान प्रदेश की पर्यटन नीति पर हुई चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उत्तर भारत में कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश ही पर्यटकों की पहली पंसद है उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ही हेली टैक्सी योजना शुरू की गई है और ब्यौरा हमारे संवाददाता संजीव सुंद्रियाल से मुख्यमंत्री ने बताया कि शुरुआत में प्रदेश सरकार का हेलीकाप्टर सप्ताह में तीन दिन शिमला से चण्डीगढ़ के लिए अपनी सेवाएं दे रहा है उन्होंने बताया कि जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के बाद नियमित रूप से ये सेवा शुरू की जाएगी

उन्होंने कहा कि हिमाचल में पर्यटन को सिक्किम की तर्ज पर निखारा जाएगा जिसके लिए भाजपा की सरकार बनने के बाद नई राहें नई मंजिल नाम की नई योजना शुरू की गई है

वहीं मुख्यमंत्री ने माना कि हिमाचल के लिए हवाई सेवा विदेश जाने से भी महंगी है जिससे पर्यटन प्रभावित होता है उन्होंने बताया कि प्रदेश में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए भी सर्वेक्षण किया जा रहा है जिससे बड़े हवाई जहाज भी हिमाचल आ सकेंगे

इस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने कहा कि धर्मशाला में उच्च न्यायालय की अलग पीठ स्थापित करने का मामला प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया जाएगा

उन्होंने कहा कि यह उच्च न्यायालय का विशेषाधिकार है और सरकार केवल मांग पूरी करने की दिशा में अनुरोध कर सकती है मुख्यमंत्री ने बताया कि भौगौलिक दृष्टि से धर्मशाला में अलग पीठ स्थापित करने की आवश्यकता है और इससे कांगड़ा चंबा हमीरपुर व ऊना जिले के लोग लाभान्वित होंगे उन्होंने कहा कि धर्मशाला में पीठ की मांग काफी समय से लंबित है

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक रमेश ध्वाला और पवन काजल के संयुक्त सवाल के जवाब में आज ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग ने ओबीसी को जनसंख्या के आधार पर रोस्टर लागू करने का मामला सामाजिक न्याय विभाग को भेजा है और इसे लेकर सरकार जो भी निर्णय लेगी उसी आधार पर रोस्टर लागू किया जाएगा इस संबंध में कांग्रेस के ठाकुर सुखविंद्र सिंह और भाजपा के सुखराम ने भी अनुपूरक सवाल किए बिलासपुर जिले में जबोठी खड्ड पर जाहू व भावला को जोडने वाले पुल का निर्माण कार्य अगले वर्ष मार्च तक पूरा होने की संभावना है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अनुपस्थिति में सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकूर ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा के इन्द्र सिंह के सवाल के जवाब में ये बात कही

पशुपालन तथा पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने प्रश्नकाल में भाजपा के सुरेश कुमार कश्यप के सवाल के जवाब में ये जानकारी दी

भाजपा के नरेंद्र बरागटा के एक सवाल पर सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि ठियोग हाटकोटी सड़क निर्माण मामले की जांच की जाएगी उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण कार्य में जो भी कोताही बरतेगा उससे प्रदेश सरकार समझौता नहीं करगी

उन्होंने कहा कि इसके लिए वर्तमान वित्त वर्ष के लिए अभी तक बजट का प्रावधान नहीं है भाजपा के राकेश पठानिया के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा कि टांडा अस्तपाल में जल्द ओपन हार्ट सर्जरी को शुरू किया जाएगा इसके लिए सभी औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है उन्होंने कहा कि पैरा मैडीकल स्टाफ के सात सौ से अधिक पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है

विधायक अरुण कुमार ने भी इससे संबंधित अनुपूरक प्रश्न पूछा वक्तव्य धोनी इस बीच प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को राज्य अतिथि का दर्जा दिए जाने को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ठाकुर सुखविन्द्र सिंह के ब्यान पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी है मुख्यमंत्री ने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी को सुरक्षा की दृष्टि से राज्य अतिथि का दर्जा दिया गया है और उन्हें सुरक्षा देना प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने शिमला कालका रेलवे ट्रैक पर फुलवारी और नर्सरी स्थापित करने के संबंध में आज राजभवन में एक बैठक की इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में भेंट के दौरान उन्होंने इस ट्रैक पर फुलवारी और नर्सरी तैयार करने पर बल दिया ताकि फूल व पौधों की बिक्री से रेलवे की आय में वृद्धि हो राज्यपाल ने अधिकारियों को सुझाव दिया कि हर पांच किलोमीटर की दूरी पर इस तरह का कार्य किया जाना चाहिए आचार्य देवव्रत ने वन विभाग के अधिकारियों को रेलवे को पौधे मुहैया करवाने के निर्देश भी दिए

सांसद अनुराग ठाकुर ने आज हमीरपुर जिले में सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के पौहंच नलाही और जोल में जनसभाओं को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर किसानों को सिंचाई के लिए सोलर वॉटर पम्प लगाने में भी मदद करेगी अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिले में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए जाएंगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत अगले वर्ष तक सभी गांवों को सड़क से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है रामस्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा है कि प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों के गांवों को सड़क से जोड़ने के लिए केंद्र व राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं करसोग विधानसभा क्षेत्र की मैहरन और मनोल नराश पंचायतों में जनसभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र की रूहणी मनोला थांगर सड़क की साढ़े तीन करोड़ रुपए की डीपीआर स्वीकृत हो गई है रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र के सभी पंचायत मुख्यालय सड़क सुविधा से जुड़ चुके हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ईको टूरिज्म और धार्मिक स्थलों को विकसित किया जा रहा है महंगाई भत्ता केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का मंहगाई भत्ता दो प्रतिशत बढ़ाने की मंजूरी दी है इससे करीब एक करोड़ दस लाख कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा बढ़ी हुई मंहगाई भत्ते की दर इस वर्ष पहली जुलाई से लागू होगी

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सूचना प्रसारण युवा मामले और खेल मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्वांजलि दी मेजर ध्यान चंद की जयंती प्रदेश में भी राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई गई प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के युवा सेवाएं व खेल और शारीरिक शिक्षा विभाग ने समरहिल में महिला व पुरूष वर्ग की हॉकी प्रतियोगिता आयोजित की पुरूष वर्ग में वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला संजौली ने पहला जबकि प्रदेश विश्वविद्यालय की टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया है महिला वर्ग में प्रदेश विश्वविद्यालय की टीम पहले स्थान पर रही उधर कुल्लू के ढालपुर मैदान में भी युवा सेवाएं व खेल विभाग द्वारा विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिएं करवाई गई विनोद सोनकर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद सोनकर केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को आम लोगों तक पहुंचाने में जुटे हैं इसी कड़ी में आज सोलन में उन्होंने पार्टी कार्यकर्त्ताओं के साथ बैठक कर केंद्र की योजनाएं आम लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया विनोद सोनकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों किसानों व दलितों सहित हर वर्ग के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई हैं जिनका उन्हें सीधा लाभ मिल रहा है

परियोजना के उपमहाप्रबंधक सीएल शर्मा ने बताया है कि इस दौरान बांध से पानी भी छोड़ा जाएगा